मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि राज्य सरकार का दो वर्ष का कार्यकाल सुशासन नवाचार और जनसेवा को समर्पित रहा है

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने जन समस्याओं के समाधान को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाने में विफल रहने का आरोप लगाया उन्होंने कहा कि विपक्ष ने राजनीतिक मकसद को पूरा करने के लिए मुद्दे उठाए और सनसनी पैदा करने का प्रयास किया है उन्होंने कहा कि सरकार ने टैक्स कलेक्शन बेहतर करने सहित जीएसटी में भी सुधार किया है जिससे प्रदेश में आर्थिक सुधार होगा प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी का किसी एक विशेष धर्म के लोगों से कुछ लेना देना नहीं है उन्होंने जनता से हिंसा से दूर रहने और सार्वजनिक संपति को नुकसान न पहुंचाने की अपील की है प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में एक रैली में कहा कि नागरिकता संशोधन कानून का उद्देश्य पड़ोसी देशों में धार्मिक रूप से प्रताड़ित होने के बाद भारत आए लोगों को नागरिकता देना है उन्होंने विपक्ष पर देश के अल्पसंख्यकों को गुमराह करने का आरोप लगाया सतपाल सत्ती इस बीच प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने नागरिकता संशोधन अधिनियम का समर्थन किया है एक बयान में उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार की मजबूत इच्छाशक्ति से नए नागरिकता कानून की अवधारणा साकार हुई है अनुराग ठाकुर केन्द्रीय वित्त व कॉरपोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने लोगों से सुरक्षित निवेश का आग्रह किया है वे धर्मशाला में निवेशक जागरूकता को लेकर आयोजित राज्यस्तरीय सम्मेलन में बोल रहे थे उन्होंने कहा कि कई बार शिक्षित लोग भी निवेश की फर्जी स्कीमों के चक्कर में फंस जाते हैं जिसके चलते उनकी मेहनत की कमाई लुट जाती है अनुराग ठाकुर ने कहा कि लोगों को जागरूक करने के लिए समय समय पर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और बैंकों व डाकघरों के माध्यम से भी जागरूकता बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है

ये जानकारी सिंचाई व जन स्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने आज धर्मपुर क्षेत्र के भरतपुर में एक जनसभा में दी इस अवसर पर उन्होंने गृहिणी सुविधा योजना के तहत एक सौ पात्र महिलाओं को मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन भी वितरित किए

वन मंत्री गोविंद ठाकुर ने आज मनाली में एक बैठक में बताया कि इससे क्षेत्र की कई पंचायतों को बेहतर सड़क सुविधा मिल सकेगी उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को धार्मिक पर्यटन स्थल वशिष्ठ में पार्किंग का निर्माण कार्य जल्द शुरू करने के भी निर्देश दिए

जानकारी के अनुसार ये हादसा रात के समय हुआ लेकिन सुबह तक किसी को इसकी भनक नहीं लगी आज सुबह एक स्थानीय व्यक्ति ने कार को खाई में देखा और पुलिस को इसकी सूचना दी सोलन से हमारे प्रतिनिधि के अनुसार पांचों मृतक हरियाणा के रायपुर रानी क्षेत्र के निवासी बताए गए हैं अग्निहोत्री विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि राज्य सरकार के पास उपलब्धि के नाम पर जनता को बताने के लिए कुछ नहीं है एक बयान में उन्होंने कहा कि सरकार को दो साल का जश्न मनाने के बजाय प्रदेश के लिए काम करना चाहिए उन्होंने प्रदेश में औद्योगिक विकास का श्रेय कांग्रेस सरकार को दिया और कहा कि ऊना के पंडोगा व कंदरौड़ी औद्योगिक क्षेत्र कांग्रेस कार्यकाल में ही विकसित किए गए हैं स्वच्छता शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने राजधानी शिमला के उपनगर संजौली से आज स्वच्छता अभियान की शुरूआत की उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का दो वर्ष का कार्यकाल पूरा होने तक शहर के सभी वार्डो में ये अभियान चलाया जाएगा राम स्वरूप सांसद राम स्वरूप शर्मा ने कहा है कि मण्डी जिले के जोगिन्द्रनगर में रेलवे का इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित किया जाएगा उन्होंने उम्मीद जताई कि इस दिशा में जल्द ही सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे जोगिन्द्रनगर में आज रेडक्रॉस मेले के दौरान उन्होंने कहा कि स्थानीय रेलवे स्टेशन का भी नवीनीकरण किया जा रहा है जहां लोगों को घूमने और बैठने की बेहतर सुविधा मिल सकेगी राम स्वरूप शर्मा ने मानवता के कल्याण में रेडक्रॉस की भूमिका को अहम बताया

एक जनसभा में उन्होंने कहा कि इस योजना से राज्य में महिला सशक्तिकरण व पर्यावरण संरक्षण में मदद मिल रही है परमार स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने पालमपुर के खैरा में आज सामुदायिक भवन और राजकीय विद्यालय के बहुउददेशीय भवन का लोकार्पण किया एक जनसभा में उन्होंने कहा कि राज्य में इसी माह के अंत तक एक सौ नई एम्बुलेंस उपलब्ध करवाई जा रही हैं विपिन परमार ने खैरा स्कूल के वार्षिक उत्सव में मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया वीरेन्द्र कंवर ग्रामीण विकास मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने कहा है कि राज्य सरकार ने दो वर्ष में गांव व गरीब के उत्थान के लिए काम किया है ऊना ज़िले के राजकीय विद्यालय बौल के वार्षिक समारोह में उन्होंने कहा कि इस अवधि में गांवों के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है इस बीच उन्होंने ज़िले के सनहाल स्कूल के समारोह में भी मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया हंसराज दूसरी ओर विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के प्रयासों से हिमाचल नए शिखर की ओर बढ़ा है चम्बा में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि सरकार ने पर्यटन की दृष्टि से चम्बा ज़िले को नई सौगात दी है

अभियान के शुभारम्भ पर प्रदेश रेडक्रॉस सोसायटी की उपाध्यक्ष साधना ठाकुर ने कहा कि महिला को परिवार और समाज की धुरी कहा गया है ऐसे में उनका स्वस्थ रहना बेहद ज़रूरी है लोक नृत्य युवाओं को अपनी संस्कृति के प्रति जागरूक करने के लिए नेहरू युवा केन्द्र ने सोलन में लोक नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया

इस अवसर पर भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रश्मिधर सूद ने बताया कि ऐसे आयोजनों से संस्कृति का संरक्षण करने में मदद मिलती है